शून्यकाल में भाजपा सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया इस पर सदन में काम रोको प्रस्ताव पेश किया गया जिसे चर्चा के बाद आसंदी ने अस्वीकार कर दिया

आसंदी ने शोरशराबा को देखते हुए सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्य गर्भगृह में जाकर नारेबाजी करने लगे इससे भाजपा के बारह विधायक स्वमेव निलंबित हो गए इससे पहले स्थगन प्रस्ताव पर ग्राहृता के लिए सदन में चर्चा शुरू करते हुए भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टाप् था जो आज अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है प्रदेश में हत्या अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है विधायक अजय चंद्राकर शिवरतन शर्मा और नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि अपराधियों को सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है बस्तर से सरगुजा तक नये नये तरह के अपराध हो रहे हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है इसे रोकने के लिए सदन में इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए

यह कहना ठीक नहीं है कि कानून व्यवस्था गर्त में चली गई है उन्होंने कहा कि विकसित समाज में कानून व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण होती है पुलिस संवेदनशील है आज सदन में जितने मामलों की चर्चा की गई है उनमें से अधिकतर मामलों में पुलिस ने अपराधियों पर कार्रवाई की है इससे पहले आज सदन में दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई इस मौके पर पूर्व संसदीय सचिव ओमप्रकाश राठिया अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री भानुप्रताप गुप्ता पूर्व संसदीय सचिव लक्ष्मण राम और पूर्व विधायक रोशनलाल के योगदानों को याद किया गया विधानसभा अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का तृतीय अनुपूरक अनुमान सदन में पेश किया यह अनुपूरक बजट पांच सौ पांच करोड़ रूपये का है इस पर कल चौबीस फरवरी को चर्चा होगी मुख्यमंत्री कोरोना अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए राजधानी रायपुर के विमानतल और महाराष्ट्र की सीमा में कोरोना की थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब तक कोरोना पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक इससे बचने के लिए मास्क पहनें सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और थोड़ी थोड़ी देर में हाथ साबुन से धोते रहें इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तीन लाख ग्यारह हजार को पार कर चुका है इनमें से करीब तीन लाख चार हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान में प्रदेश में करीब तीन हजार कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है कल प्रदेश में दो सौ चौहत्तर नये मरीज मिले हैं राज्य में अब तक कोरोना से तीन हजार आठ सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है वहीं पिछले सप्ताह के डेथ ऑडिट रिव्यू में यह तथ्य सामने आया है कि मृतकों में पैंसठ प्रतिशत व्यक्ति साठ वर्ष से अधिक उम्र के थे समिति के सदस्य डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि बुजुर्गो और ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी प्रकार की अन्य कोई बीमारी है उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए उधर राजनांदगांव स्थित एक निजी स्कूल के पांच शिक्षक और कर्मचारी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इन्हें मिलाकर इस स्कूल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तैंतीस पहुंच गया है वहीं कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित एक निजी स्कूल में एक शिक्षिका और क्छ विद्यार्थियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद स्कूल को पंद्रह दिनों के लिए बंद कर दिया गया है शिक्षक भर्ती प्रदेश में अब शिक्षकों की सीधी भर्ती शुरू हो गई है कल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गणित विषय के पांच सौ दस व्याख्याताओं के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए इसके साथ ही लगभग छब्बीस वर्षों से शिक्षकों की सीधी भर्ती की बंद प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर सभी विषयों के शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे चयनित व्याख्याता तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में होंगे गौरतलब है कि प्रदेश में तीन हजार से अधिक व्याख्याताओं के पद भरे जाएंगे इन व्याख्यातों की भर्ती से स्कूलों में अध्ययन अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी धान ई नीलामी राज्य में खरीफ फसल में संभावित अतिशेष धान की ई नीलामी के लिए खरीदारों की पंजीयन प्रक्रिया चल रही है इसके लिए राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर उनके जिलों के सभी राईस मिलरों को नीलामी की प्रमुख नियम शर्तों की जानकारी देने को कहा गया है इस संबंध में मार्कफेड की वेबसाइट पर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं राष्ट्रीय खिलौना मेला केन्द्र सरकार अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला सत्ताईस फरवरी से दो मार्च तक आयोजित कर रही है यह मेला वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा इस मेले का उद्देश्य खिलौना उद्योग के समग्र विकास के लिए संवाद को बढ़ावा देना और दुनिया के सामने भारत की खिलौना निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करना है

केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह प्री ने कहा कि वर्ष दो हजार बाईस तक एक करोड़ बारह लाख घरों की कुल मांग में से अब तक लगभग एक करोड़ ग्यारह लाख मकानों की मंजूरी दी जा चुकी है उन्होंने बताया कि तिहत्तर लाख से अधिक मकानों की बुनियाद का काम पूरा हो गया है बयालीस लाख सत्तर हजार मकान लाभार्थियों को सौंपे गए हैं केन्द्र सरकार ने सबको आवास उपलब्ध कराने की भविष्य की योजना के अंतर्गत वर्ष दो हजार बाईस तक देश के शहरी क्षेत्रों में सभी योग्य लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि यह छह स्तंभों का बजट है उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य और खुशहाली वित्तीय पूंजी आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास मानव पूंजी को ऊर्जावान बनाना नवाचार अनुसंधान शोध और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप शामिल है उन्होंने बताया कि भारतमाला योजना के तहत छत्तीसगढ़ के तीन राजमार्ग को इस बजट में शामिल किया गया है इसके लिए बीस हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना धान खरीदी भूगतान उज्जवला योजना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है वहीं पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश यह बजट दूरगामी सोच रोजगारमूलक और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम का द्योतक है माओवादी गिरफ्तार बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने एक महिला सहित तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के मुताबिक डिस्टिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी इस दौरान भोपालपट्नम गंगालूर उसूर और तर्रेम क्षेत्र से इन माओवादियों को पकड़ा गया इन माओवादियों पर लूट डकैती और आगजनी जैसी विभिन्न आपराधिक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है सिविक एक्शन कार्यक्रम भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने कोंडागांव जिले के अंदरूनी इलाकों में स्थित कई गांवों में ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं वितरित कीं साथ ही उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी है सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत आईटीबीपी और जिला पुलिस बल की टीम पैदल गश्त करते हुए धनोरा थाना क्षेत्र के सुदूर ग्राम कुएमारी पहुंची वहां टीम ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की और उनका हालचाल जाना साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से माओवाद के उन्मूलन के लिए सहयोग देने और शासन की योजनाओं से जुड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की अपील की इस दौरान सुरक्षा बलों की टीम ने जरूरतमंद लोगों को कपड़े वितरित किए और बच्चों तथा युवाओं को खेल सामग्रियां बांटी संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में केन्द्र सरकार ने आज उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत एक से दो लाख के कर्ज के लिए आवेदन कर सकते हैं पत्र सूचना कार्यालय ने इस संदेश को फर्जी बताया और स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ऋण योजना नामक कोई वेबसाइट नहीं है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस साल राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के लिए तिथि घोषित कर दी है राष्ट्रीय लोक अदालत अप्रैल जुलाई सितंबर और दिसंबर महीने के दूसरे शनिवार को आयोजित की जाएगी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा डीएलएड प्रथम वर्ष मुख्य परीक्षा वर्ष दो हजार बीस के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित कर दिया गया है राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने रोपवे हादसे के मामले में मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और मंत्री के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के विरोध में राजनांदगांव में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया महासमुंद जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति में शुमार कमार आदिवासी परिवारों के तीन से छह वर्ष तक के बालक और एक से उनचास वर्ष तक के बालिकाओं तथा महिलाओं को आगामी एक मार्च से सप्ताह में तीन दिन अण्डा दिया जाएगा कोंडागांव ब्लॉक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जितेन्द्र दुबे ने कथित रूप से वीडियो चैट के मामले सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है बस्तर जिले में प्रशासनिक कामकाज को दुरूस्त करने छह नये राजस्व मंडलों का गठन किया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जनवरी दो हजार इक्कीस सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश शुरू हो गया है आवेदन करने की अंतिम तिथि अट्ठाईस फरवरी निर्धारित है दुर्ग जिले में उनहत्तर करोड़ रूपये से अधिक की लागत से बनने वाली नब्बे नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई है जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जांजगीर चांपा जिले के सक्ती क्षेत्र में स्थित आईटीआई भवन नंदेलीभाठा में आगामी पच्चीस फरवरी को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा जांजगीर चांपा पुलिस ने मोबाइल टॉवर लगाने के नाम पर उनतालीस लाख रूपये की ठगी करने के मामले में तीन आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है महासमुंद जिले की तुमगांव नगर पंचायत के आबादी वाले क्षेत्र में आज सुबह दंतैल हाथियों के प्रवेश से लोगों में हड़कंप मच गया इसकी सूचना वन विभाग को दी गई जिसके बाद हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा गया दुर्ग जिले की जामुल पुलिस ने चोरी के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके पास से दस लाख रूपये से अधिक का सामान बरामद किया गया है कोंडागांव पुलिस ने रायपुर नाका के पास नाकाबंदी कर एक ऑटो से करीब छत्तीस किलो गांजा बरामद किया है इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और प्रदेश में राज्य स्तरीय उन्नीसवीं निशानेबाजी प्रतियोगिता का आगामी सत्ताईस फरवरी से रायपुर में आयोजन किया जाएगा